राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि वस्त् एवं सेवा कर राष्ट्र के लिए अभी तक एक व्यापक कर स्धार रहा आज राष्ट्रपति भवन में राज्स्व सेवा के अइसठवें बैच के परिवीक्षा अधिकारियों को सम्बोधित करते हए राष्ट्रपति ने कहा कि ये बड़ी संत्ष्ट स्थिति है कि जीएसटी अर्थव्यवसथा सफलतापूर्वक लागू की गई और इससे अर्थव्यवस्था और ईमानदार करदाताओं को लाभ होगा राष्ट्रपति ने नए अधिकारियों को कहा कि ये सुनिश्चित करे कि जीएसटी सुधार पूरे देश में लागू हो ये उनका पहला कर्त्तव्य है कि बतौर प्रशासनिक अधिकारी वो ये स्निश्चित करे कि देश में विभन्न विकाय कार्यो की पूर्ति के लिए कर ही संसाधन है

मंत्री ने कहा कि इन बैंको में बचत खाते चालू खाते पैसा स्थानातरण उद्यम और व्यापारिक भ्गतान की स्विधाएं होगी शहिन को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इन बैंकों के श्भारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे श्री सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष दिसम्बर तक आई पी पी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर ये सुविधाएं मुहैया करवायेंगें और राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से आईपीपीबी देश के हर कोने मे ये सुविधाएं पहंचायेंगे

डाक विभाग रोहतक के वरिष्ठ अधीक्षक आदर्श मिशर ने बताया कि बैंक श्रू होने के बाद पोस्टमैन व डाक सेवा खाता धारक के घर पर ही आकर पैसा देगा इस कार्य के लिए पोस्टमैन व डाक सेवकों को स्मार्ट फोन व बायोमैट्रिक मशीन दी जायेगी इस बैंक की शुरूआत से बैंकों की पहंच से बाहर की आबादी और उन लोगों को लाभ होगा जिन्हें कभी कभार बैंकिंग सेवा प्राप्त होती है

खाताधारक को अपना खाता या पिन नंबर आदि याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारा लेन देन केवल क्यू आर कोड को पीओएस मशीन में डालने और अग्ली रख्ने मात्र से हो जायेगा अब इस सेवा में एक ही प्लेटफार्म पर रिजार्च बिजली का बिल डी टी एच सर्विस ओर कालेज के शुल्क आदि का भुगतान किया जा सकेगा

ग़ह मंत्रालय ने महिलाओं समाज के कमजोर श्रेणी के लोगों अन्सूचित जाति दिव्यांग लोग और अन्य लोग जो इस प्रस्कार के हकदार है को चिहिन्त करने के निर्देश दिए है

कोई भी नागरिक वेवसाइट पर निर्धारित फोरमेट पर अपना नामांकन अपनी उपलब्धियों के साथ भेज सकते है हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सोलह हजार तालाबों के जीर्णोद्वार व नवीनीकरण करने का निर्णय किया है

एक सरकारी प्रवकता ने बताया कि सरकार दवारा हरियाणा तालाब विकास स्रक्षा तथा संरक्षण तालाब जल एसपीपी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण के तहत प्रदेश भर के सोलह हजार तालाबों में पानी की उपलब्धता स्निश्चित की जाएगी

यह परियोजना दो चरणों में प्री होगी इस कार्य में सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा भिवानी के उपाय्क्त डॉ अंशज सिंह ने बताया कि पहले चरण में रजबाहा नहर के माध्यम से तालाब में साल में दो बार पानी भरना सुनिश्चित किया जाएगा

दूसरे चरण में उन तालाबों को संवारा जाएगा जहां गाद भरी है और ओवर फ्लो की परेशानी है वहां जल संरक्षण के मद्देनजर व्यवस्था की जाएगी सरकार इसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान करेगी हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बहउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानि मल्टीपर्पज हेल्थ केयर द्वारा की जा रही हड़ताल को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से छ माह की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है

इस पत्र में लिखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बहउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हड़ताल से साम्दायिक जीवन में स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका है इसलिए लोक हित में इस हड़ताल को प्रतिबंधित करना अनिवार्य है नारनौल में बहउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सामान्य अस्पताल में काम रोकों हड़ताल व धरना प्रदर्शन जारी रखा

उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर अधिसूचना जारी नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहेगी हरियाणा सरकार चंडीगढ़ या आसपास के क्षेत्र में पांच सितम्बर को मुख्यमंत्री सभी मंत्री व बोर्ड निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा प्रदेश भाजपा के विभन्न पदाधिकारियों के मंथन शिविर का आयोजन करेगी सामाजिक न्याय एवं सहकारिता राज्य मंत्रीकृष्ण कुमार बेदी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में अनौपचारिक मंत्रिमंडल की बैठक में हड़ चर्चा के बारे भी जानकारी दी

केन्द्र सरकार ने द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर श्री बेदी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हए कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग में शामिल होने या आरक्षण की मांग करने वाले मामलों का स्थाई समाधान होगा उन्होंने कहा कि अब इस मामले में राजनैतिक हस्ताक्षेत्र नहीं होगा और किसी भी प्रकार की मांग की स्नवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ही करेगा

उन्होंने बताया कि हरियाणा ने इस योजना का लाभ हरियाणा के गरीबों को पहले ही देना श्रू कर दिया है म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल कल यम्नानगर विधानसभा हलके में रोड शो करेंगे विधायक घनश्याम अरोड़ा ने आज बताया कि मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान जगह जगह सामाजिक संस्थाओं व पार्टी कार्यकर्ताओं दवारा जोरदार स्वागत किया जायेगा उन्होंने बताया कि रोड शो देवी मंदिर रादौर रोड पर पूजा करके फव्वारा चौंक के लिये चलेगा काफिले में कार्यकर्ता मोटर साईकिल कारों में साथ रहेंगे